पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि दिल्ली के निजामुदीन स्थित तब्लीगी जमात सेन्टर मरकज में शामिल व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद वहां से राजस्थान में आये तब्लीग जमात के सदस्यों और उनके सम्पर्क में आए लोगों के बार में जानकारी इकट्ठा की जा रही है

इनमें झुन्झुनू बीकानेर दौसा अलवर टोंक श्रीगंगानगर भरतपुर करौली जोधपुर शहर बाडमेर हनुमानगढ चुरु जयपुर शहर शामिल है उन्होंने कहा कि सावधानी बरतते हुए इन लोगों की स्क्रीनिंग कर मेडिकल आईसोलेशन और क्वारन्टीन के लिए सम्बन्धित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं गौरतलब है कि आज सुबह कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कांफ्रेस के जरिए समी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को तब्लीगी जमात के सम्पर्क में आए सभी लोगों के बारे में युद्ध स्तर पर काम करते हुए पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे

इनमें ईरान से भारत लायी गयी एक महिला भी शामिल है

इस योजना के तहत अब जेलों में बंद कैदियों के परिजन उनसे मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे साथ ही परिजन लॉनलाइन समय लेकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे

अगले चरण में इसे सभी जिला कारागारों में भी लागू किया जायेगा

उधर बीकानेर में पुलिस ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए विशेष दल गठित किए हैं

जयपुर नगर निगम हर घर से एक रोटी अभियान शुरू कर रहा है नगर निगम के हूपर हर घर से एक एक रोटी एकत्रित करेंगे ताकि निराश्रित पशुओं को रोटी पहुंचाई जा सके

श्री मोदी राज्यों के साथ कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के उपचार क्वारंटीन सेंटर समेत अन्य तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इसके पूर्व भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया के संपादकों और सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों से भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं

उन्होंने सभी राज्यो से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले एक सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया ताकि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में नकद राशि दी जा सके

इस गाडी से व्यापारी और ई कॉमर्स कंपनियां दवाइयां स्वास्थ्य संबंधित उपकरण और खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुएं भेजी जा रही हैं आज ये विशेष पार्सल रेलगाड़ी बांद्रा टर्मिनस चल रही है रेलवे ने अजमेर और जयपुर क्षेत्र के व्यापारियों से इस विशेष गाड़ी के माध्यम से जनता तक जरूरी सामग्री की आपूर्ति पहुंचाने की अपील की है

सभी चिकित्सा उपकरणों को सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य निगरानी के लिए दवाओं के रूप में विनियमित किया जाएगा

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दी है